भाजपा ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर को अपना प्रत्याशी घोषित किया देश में कोरोना वायरस के दस नए मामलों की पुष्टि हुई है

राज्यसभा चुनाव के लिये जदयू ने एक बार फिर हरिवंश और रामनाथ ठाकुर को बिहार से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है वहीं भाजपा ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाक्र के पुत्र विवेक ठाक्र को अपना उम्मीदवार घोषित किया है जदय्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पार्टी की कोर कमेटी की एक अणे मार्ग में हुई बैठक में हरिवंश और रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने का निर्णय लिया गया गौरतलब है कि राज्यसभा में जदयू के तीन सांसदों हरिवंश और रामनाथ ठाकुर के साथ कहकशां परवीन का कार्यकाल अगले महीने नौ अप्रैल को समाप्त हो रहा है छब्बीस मार्च को पांच सीटों के लिये मतदान होगा नामांकन की अंतिम तिथि तेरह मार्च है इधर महागठबंधन में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को लेकर अभी तक खींचतान बनी हुई है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि एक सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए क्योंकि पिछले वर्ष लोक सभा चुनाव के दौरान पार्टी को एक सीट देने का भरोसा राजद ने दिया था देश में कोरोना वायरस के दस नए मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या साठ हो गयी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केन्द्र सरकार ने संक्रमण प्रभावित देशों से अब तक कुल नौ सौ अड़तालीस यात्रियों को सुरक्षित निकाला है जिनमें नौ सौ भारतीय हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों से चीन इटली ईरान कोरिया गणराज्य जापान फ्रांस स्पेन और जर्मनी की यात्रा से बचने की सलाह दी है इधर कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने भी सभी जिला और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को विशेष तैयारी का निर्देश दिया है अस्पतालों में संक्रमण से बचाव के लिये मास्क और इन्फ्रारेड थर्मामीटर भी उपलब्ध कराये गये हैं कोरोना वायरस के नेपाल के रास्ते भारत में फैलने की आशंकाओं के मद्देनजर किशनगंज में स्वास्थ्य विभाग प्ररी तरह अलर्ट है एसएसबी कमांडेंट विरेन्द्र कुमार चौधरी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के विभिन्न कैम्पों में प्राथमिक जांच शिविर स्थापित किये गये हैं सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सभी सार्वजनिक वाहनों को साफ सुथरा और विषाणु मुक्त करने के उपाय करने को कहा है मंत्रालय ने बसों और टर्मिनल पर जन स्वास्थ्य संदेश भी प्रदर्शित करने का परामर्श जारी किया है भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता के लिए संपूर्ण रेल प्रणाली में नियंत्रण कक्ष बनाए हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे बोर्ड को इस संबंध में ऐहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने सभी महाप्रबंधकों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इन तैयारियों की समीक्षा की श्री यादव ने बताया कि रेलवे के अस्पतालों में कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों के इलाज के लिये एक हजार से अधिक अलग बेड वाले वार्ड बनाये गये हैं इधर रेलवे ने देश भर के विभिन्न स्थानों पर संक्रमण फैलने से रोकने के लिये क्वारेनटाइन वार्ड बनाये हैं रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में लोगों की जागरूकता के लिये स्थानीय भाषाओं में पोस्टर लगाये गये हैं वहीं स्टेशनों पर ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए नई दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा की उपस्थिति में श्री सिंधिया को भाजपा में विधिवत शामिल किया गया मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सिंधिया का भाजपा में आगमन परिवार के सदस्य की वापसी जैसा है इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करने को लेकर बहुत उत्साहित हैं भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से राज्यसभा चूनाव के लिये अपना उम्मीदवार भी बनाया है केन्द्रीय रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद येस्सो नाइक ने आज कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देगी श्री नाइक ने लोकसभा में कहा कि महिला अधिकारियों को योग्यता अनुभव विशेषज्ञता और संगठन की आवश्यकता के आधार पर भारतीय सेना में स्थायी कमीशन दिया जायेगा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती सेल के माध्यम से लेवल एक सहित समूह ग पदों के लिए लगभग डेढ़ लाख उम्मीदवारों को पंजीकृत किया गया है लोकसभा में श्री गोयल ने बताया कि भारतीय रेलवे एक अखिल भारतीय संगठन है और देश भर के उम्मीदवार विज्ञापनों के अनुसार किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सेविंग्स एकाउंट के ग्राहकों के लिये न्यूनतम मासिक बैलेंस पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया है अब निर्धारित बैलेंस कम रहने से ग्राहकों पर जुर्माना नहीं लगेगा सभी बैंक ग्राहक जीरो बैलेंस की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे बैंक प्रबंधन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एसएमएस पर लगने वाले त्रि मासिक शुल्क को भी समाप्त करने का फैसला किया गया है इससे चौवालीस करोड़ इक्यावन लाख ग्राहकों को फायदा होगा मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेरह और चौदह मार्च को भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है चक्रवाती दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ से होते हुए पूर्वी राजस्थान और उत्तर मध्य प्रदेश ऊपर से गुजर रहा है जिसके कारण प्रदेश में बारिश की संभावना बन रही है इधर प्रदेश में धीरे धीरे अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है भागलपुर के सबौर में आज सबसे कम तापमान साढ़े तेरह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान सोलह दशमलव दो गया का पंद्रह दशमलव तीन और भागलपुर का सोलह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहा पूर्णिया का न्यूनतम तापमान पंद्रह दशमलव सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया प्रदेश में नवादा सहित मगध क्षेत्र के कई हिस्सों में आज ब्रढ़वा होली मनायी जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि बुजुर्गों के सम्मान में यह होली खेली जाती हैं यह पर्व बुजुर्ग और युवा पीढ़ी के बीच समन्वय की मिसाल के तौर पर देखा जाता है इधर गया में आज मटका फोड़ होली खेली गई बोधगया में विदेशी मेहमानों ने भी गुलाल लगाकर होली खेली इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह लद्दाख की राजधानी लेह में आयोजित किया जायेगा इक्कीस जून को आयोजित होने वाले इस मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि खेत में जल संचयन और कृषि प्रबंधन योजना के लिए किसानो को अनुदान दिया जाएगा श्री कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत एक किसान को पचहत्तर हजार पांच सौ रूपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा कृषि मंत्री ने कहा कि इससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी रोहतास के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दरबारी सिंह का आज डालमिया नगर में निधन हो गया

उनके निधन पर चिकित्सा जगत के साथ साथ समाज के सभी वर्ग के लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है पूर्णिया गया और कटिहार जिले में अलग अलग घटनाओं में डूबने से चार लोगों की मौत हो गयी शिवहर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आग लगने की अलग अलग घटनाओं में तीन दुकानों सहित आधा दर्जन से अधिक घर जलकर नष्ट हो गये पश्चिम चम्पारण के बगहा स्थित वाल्मीकि टाईगर रिजर्व से भटककर दियारा पहुंचे दो हिरणों की शिकारियों की ओर से लगाये गये फंदे में फंसकर मौत हो गयी हड़ताल पर गये नियोजित शिक्षकों ने आज समस्तीपुर में राजद विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहीन और भाजपा के विधान पार्षद हरि नारायण चौधरी का घेराव किया गौरतलब है कि राज्य के नियोजित शिक्षक सेवा शर्त नियमावली और समान काम के लिये समान वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं पश्चिमी चंपारण जिले के ठकराहा थाना क्षेत्र के जगीरहा से पुलिस ने दो शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है इधर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के राम जानकी चौक के पास से पुलिस ने एक व्यक्ति को ढाई किलो से अधिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया है प्रदेश के अलग अलग भागों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में बारह लोगों की मौत हो गयी वहीं पांच अन्य घायल हो गये खगड़िया जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में चार युवकों की मौत हो गयी इधर नालंदा जिले में दो समस्तीपुर में दो वैशाली में दो और पश्चिमी चंपारण में दो लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी

भाजपा ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर को अपना प्रत्याशी घोषित किया देश में कोरोना वायरस के दस नए मामलों की पुष्टि हुई है